राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से आज सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाकर जोड़े जा रहे है मतदाताओं के नाम प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से सम्बन्धित विज्ञापन और होर्डिंग हटाने का काम जारी मलेशिया में हो रहे आठवें सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैण्ड से राज्य में विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी मतदान केन्द्रों पर वीवी पैट मशीन का प्रयोग किया जायेगा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है और राज्य में सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण और नियुक्तियों पर रोक लग गई है अंति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के लिये कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे सरकारी वाहनों हेलीकॉप्टर और विमान के चुनाव कार्यो में उपयोग पर रोक रहेगी उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना जरूरी होगा ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी

राज्य के सभी मतदान केन्द्रो पर आज निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है इसके तहत आम नागरिको के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जा रहा है इस बीच पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी भरे जा रहे है

प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव राजनीतिक पर्व है जिसमें हम सभी उत्साह के साथ भाग लेते है

विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीति दलों ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावेड़कर ने कल किशनगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद संगठन अपनी चुनाव तैयारियों में जुट गया है बैठक में राष्ट्रीय संगठक रामलाल और मुरलीधर राव के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट आज भरतपुर के दौरे पर रहेगें वे आज पहाडी में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे

उनकी सभा को देखते हए कांग्रेस पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए है विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेशभर में आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से सम्बधित विज्ञापन और होर्डिंग तथा पोस्टरों को तुरन्त प्रभाव से हटाया जा रहा है इसी के साथ ही सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों से आचार संहिता के दायरे में आने वाले विज्ञापनों को हटाया जा रहा है

सातवें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मियों ने कल रात संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर र्स आयोजित यह परीक्षा दो पारियों में ली जा रही है

सीकर के फतेहपुर में कल देर रात बेसवा गांव के पास कुछ बदमाशों ने थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थानाधिकारी और कांस्टेबल एक सूचना पर बदमाशों का पीछा कर रहे थे घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीकर झुन्झुन और चूरू जिले में नाकाबंदी करवा दी गई घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा आज फतेहपुर पहुंच गए है राजफैड द्वारा प्रदेश में चालू महीने में शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिये ऑनलाईन पंजीकरण केल से शुरू कर दिया गया है पंजीकरण के अभाव में किसानो से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी

अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों की सूचना मांगी थी जो समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना कल से लागू हो गई है

आठवें सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी दूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा